डिजीटल लेन देन के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी सरकार के अनेक महत्वपूर्ण फैसलों की श्रंखला में से प्रमुख कड़ी थी श्री जेटली ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने की सुनिश्चित व्यवस्था की दृष्टि से वित्तीय समावेशन भी अहम फैसला था नोटबंदी के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर श्री जेटली ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य देश के बाहर से काला धन वापस लाना और देश के भीतर टैक्स का भुगतान करके काले धन को सफेद करना था उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नगदी पर आधारित है और नोटबंदी से लोगों को नगद राशि बैंकों में जमा करानी पड़ी श्री जेटली ने कहा कि जमा की गयी और लोगों के पास मौजूद नगदी का पता लगने से सत्रह लाख बहत्तर हजार खाताधारी संदेह के दायरे में आ गये जिनसे ऑनलाइन जवाब मिल चुका है श्री जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से नगदी लेन देन काफी हद तक कम हो गया अर्थव्यवस्था औपचारिक हो जाने से करदाताओं की संख्या बढ़कर एक करोड़ बीस लाख हो गयी जबकि जीएसटी लागू होने से पहले इनकी संख्या कुल चौसठ लाख थी वित्त मंत्री ने बताया कि नोटबंदी के असर से व्यक्तिगत आयकर की वसूली भी बढ़ी है वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में इकतीस अक्टूबर तक इसमें बीस प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई निगमित कर वसूली में भी उन्नीस प्रतिशत से ज्यादा की वसूली हुई श्री जेटली ने बताया कि दो हजार सत्रह अठारह में दाखिल की गयी टैक्स रिटर्न की संख्या छह करोड़ छियासी लाख हो गयी जो पिछले साल के मुकाबले पच्चीस प्रतिशत अधिक रही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रवक्ता माधव आनंद ने कहा है कि आगामी लोकसभा चूनाव में उनकी पार्टी को कम से कम तीन सीटें मिलनी चाहिए श्री आनंद ने कहा कि एनडीए में उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए इधर भाजपा विधायक नितिन नवीन ने रालोसपा के बयान पर अपनी प्रक्रिया में कहा है कि चूंकि एनडीए में जदयू भी शामिल हुआ है इसलिए सिर्फ भाजपा को ही नहीं बल्कि लोजपा और रालोसपा को भी सीटों को लेकर लचीला रूख अपनाना पड़ेगा दिवाली के बाद प्रदेश में विभिन्न इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक पांच सौ के आस पास बना रहा इस स्तर को मानव स्वास्थ्य के लिए बहत ही खतरनाक माना जाता है केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के दो प्रमुख शहरों गया और मुजफ्फरपुर में भी प्रदूषक कणीय तत्व पीएम ट् प्वाइंट फाइव का स्तर बहुत बढ़ा रहा दिवाली के दिन मुजफ्फरपुर में कल रात्रि आठ बजे और तड़के एक बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक पांच सौ के आस पास दर्ज किया गया हालांकि दोपहर बारह बजे के बाद इसमें सुधार देखा गया गया में भी कल रात आठ बजे और बारह बजे सूचकांक पांच सौ के आस पास रहा उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध के कारण केवल दो घंटे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गयी थी इसके उल्लंघन के कारण कई इलाकों में वायु प्रद्षण का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया प्रदेश में दीपावली के दिन लगभग दो लाख लाभार्थियों ने सामूहिक रुप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आशियाने में गृह प्रवेश किया ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि निर्धारित समय से पूर्व आवास पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को एक हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी श्री कुमार राजगीर प्रखंड के भूई पंचायत में गृह प्रवेश समारोह में सम्मिलित हुए उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दीपावली के अवसर पर तीन लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उन्होंने बताया कि ग्रामीण आवास सहायकों और आवास कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बावजूद पदाधिकारियों के कुशल प्रबंधन और लाभार्थियों के सहयोग से लगभग दो लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराने में सफलता मिली है संयुक्त राष्ट्र डाक प्रणाली ने दीपावली के अवसर पर प्रज्ज्वलित दीप के साथ डाक टिकट जारी किया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इस सद्भाव के लिए संयुक्त राष्ट्र का आभार व्यक्त किया है यह टिकट संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के डाकघर के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध है केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ऑपरेशन ग्रीन में बिहार के नालंदा जिले को शामिल किया गया है इसके तहत जिले में सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार छह राज्यों के चुनिंदा जिलों को ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया गया है जिसमें नालंदा भी शामिल है ऑपरेशन ग्रीन के तहत टमाटर प्याज और आलू जैसी सब्जियों को प्रसंस्करित करने और उन्हें संरक्षित करने की रणनीति बनायी गयी है ताकि इन सब्जियों को देशव्यापी बाजार मिल सके गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के रेंगनियां गांव में नक्सलियों ने एक चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी देर रात नक्सलियों ने चौकीदार को घर से बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया शेरघाटी के पूलिस उपधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए लागातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी हर घर सहज बिजली यानी सौभाग्य योजना ने प्रदेश में सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है

घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचने से लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं

हरदिया के चंदन के परिवार के जीवन में बिजली ने नयी चमक ला दी है

बाईट किशोर कुमार सिंह बेगूसराय में सौभाग्य योजना के कारण लाभार्थी परिवारों का सरकार के प्रति विश्वास बढा है और लोग उज्ज्वल भविष्य को लेकर आशान्वित भी हैं आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से अनुज कुमार वर्मा आकाशवाणी के भागलपुर केन्द्र की वरिष्ठ उद्घोषिका सांत्वना साह का लम्बी बीमारी के बाद आज निधन हो गया उनका पिछले आठ महीने से बेंगलुरू के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था वे आकाशवाणी भागलपूर से प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम जगत में चम्पा बहन के नाम से जानी जाती थी उनके निधन पर बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने गहरा शोक व्यक्त किया है गोवर्धन पूजा आज पूरे प्रदेश में ध्रमधाम से मनाया गया इस मौके पर पशुपालकों ने गायों की पूजा की कई जगहों पर पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया बेगूसराय जिले के सिमरिया बरियाही घाट के पास गंगा नदी में एक नौका पलट जाने से आज दो लोगों की मौत हो गयी हमारे संवाददाता ने बताया कि पांच लोग तैरकर सुरक्षित किनारे पर पहुंच गये हैं पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के गोपालगंज जिले के मांझा थाना क्षेत्र के सरेया गांव स्थित पैतृक आवास में चोरों ने लाखो रूपये मूल्य की सम्पत्ति लूट ली चोरी की घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था मध्बनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र के बिजलापूर गांव में एक हार्डवेयर व्यवसायी के घर से डकैतों ने चार लाख रुपये मूल्य की संपत्ति लूट ली बांका जिले के अमरपुर खेमीचक गांव से पुलिस ने एक महिला और दो युवकों को सोलह लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है रोहतास के जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने समय पर समाहरणालय कार्यालय नहीं आने वाले सत्तर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है

डिजीटल लेन देन के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा